शिमला में आज वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सीटी पॉवर लिमिटेड नई दिल्ली के कोरपोरेट मामलों के निदेशक एसके मिश्रा के साथ बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिए एक नीति तैयार की है

इनमें से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश एक दिल्ली और एक अन्य पठानकोट से वापस लौटा है जबकि एक अन्य मामले में व्यक्ति की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है हमीरपुर जिले में दिल्ली और मोहाली से लौटे दो यूवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मंडी जिले में भी दो युवकों में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हुई है सुंदरनगर के मलोह क्षेत्र के रहने वाले युवा मुंबई से वापस लौटे थे उधर किन्नौर जिले के दो व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है सांगला के रहने वाले इन दोनों व्यक्तियों की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है शिमला जिला के रामपुर और बिलासपुर में भी एक एक नए मामले की पुष्टि हुई है

यह अधिसूचना पहली जुलाई से लागू होगी

निर्यात को सूक्ष्म लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमों के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है कांगड़ा जिले मे जसवां परागपुर के नंगल चौक में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद विकास की विभिन्न गॅतिविधियों को चरणबद्व रूप से अमलीजामा पहनाया जा रहा है बिक्रम ठाकूर ने बताया कि राज्य में पेयजल किल्लत के समाधान के साथ सड़कों की दशा सुधारने का कार्य भी तीव्र गति से शुरू किया गया है

इस कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में पार्टी के ज़िला पदाधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि ज़िले के तीनों मंडलों में बूथ स्तर पर पत्रक और फोल्डर बांटे जाएंगे जिसके माध्यम से सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने तीन कोविड अस्पतालों नेरचौक टांडा और आईजीएमसी को वैंटिलेटर और आवश्यक उपकरण दान देने का निर्णय लिया है शिमला में आज पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई पार्टी के आपदा सैल की बैठक में ये फैसला लिया गया राठौर ने आपदा सैल को इन उपकरणो की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ये परीक्षाएं मार्च माह में कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई थी